अड़तालीस क्विंटल गांजा और एक क्विंटल से अधिक चरस बरामद

संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार हो रही है कमी बुलेटिन की शुरूआत से पहले ये संदेश कोविड उन्नीस महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है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

एनडीए और महागठबंधन के नेता राज्य के विभिन्न हिस्सों में रैलियों और चुनावी सभाओं को संबोधित कर रहे हैं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बेगूसराय में एक जनसभा में कहा कि लोग राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व वाली सरकारों के कार्यकाल को देखते हुए उनके वादों पर कभी विश्वास नहीं करेंगे

उन्होंने कहा कि हम सिर्फ वादा नहीं करते किसी भी काम का पूरा रोडमैप तैयार रखते हैं वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बेगूसराय और भागलपूर में तथा भाजपा नेता और केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने मध्रबनी और वैशाली में कई चूनावी जनसभाओं में मतदाताओं से पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करने की अपील की रालोसपा के अध्यक्ष उपेन्द्र क्शवाहा ने चेरिया वरियारपुर विधानसभा क्षेत्र में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि पिछली सभी सरकारों ने जनता को ठगा है कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने पटना में कहा कि राज्य में कानून समाप्त हो गया है इसका प्रत्यक्ष उदहारण मुंगेर की घटना है भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एक नवम्बर को छपरा समस्तीपुर मोतिहारी और बगहा में चार चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय मयूख ने यह जानकारी देते हुए कहा कि तीन नवम्बर को फारबिसगंज और सहरसा में प्रधानमंत्री की जनसभा होगी मुजफ्फरपुर जिले में चुनाव कार्य मे हिस्सा नहीं लेने वाले तीन पदाधिकारियों समेत एक सौ बीस कर्मियों पर प्राथमिकी दर्ज करायी गई है जिलाधिकारी ने बताया कि चूनाव आयोग के निर्देश का पालन नहीं करने वाले कर्मियों पर करवाई के साथ निलंबन की प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी वहीं हथियारों का सत्यापन नहीं कराने के कारण नब्बे लोगों के लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं

इन निर्वाचन क्षेत्रों में जीते हुए कई विधायक चुनाव तो लड रहे हैं लेकिन उन्होने अपने क्षेत्र बदल लिये हैं

वे अब केवटी से किस्मत आजमा रहे हैं अलीनगर से अब नये चेहरे मैदान में हैं राष्ट्रीय जनता दल छोडकर विकासशील इंसान पार्टी में पहुंचे मिश्री लाल यादव यहां से एनडीए के प्रत्याशी हैं वहीं राष्ट्रीय जनता दल ने विनोद मिश्रा को प्रत्याशी बनाया है दूसरी ओर केवटी से पिछली बार राजद के विधायक रहे फराज फातमी ने अपनी सीट और पार्टी दोनों बदल ली है फातमी जनता दल यूनाइटेड के टिकट पर इस बार दरभंगा ग्रामीण से राजद के प्रत्याशी ललित यादव के खिलाफ चुनावी मैदान में है ललित यादव इस निर्वाचन क्षेत्र से अब तक पांच बार चुने जा चुके हैं वहीं कुशेश्वरस्थान स्थान मे जनता दल के शशिभूषण हजारी को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डा अशोक राम टक्कर दे रहे हैं राज्य के खाद्य मंत्री मदन सहनी ने गौरा बौडाम सीट छोड दी है वे बहादुरपुर से जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी है यह सीट एनडीए में मुकेश सहनी के नेतृत्व वाली पार्टी विकास शील इंसान पार्टी के खाते में चली गयी है सहनी ने स्वर्णा सिंह को पार्टी उम्मीदवार बनाया है वहीं राष्ट्रीय जनता दल ने अफजल अली खान को टिकट दिया है गौरा बौड़ाम से जदयू के पूर्व विधायक इजहार अहमद भी जन अधिकार पार्टी से चुनावी मैदान में हैं बेनीपुर से जनता दल यूनाइटेड ने मौजूदा विधायक सुनील चौधरी के स्थान विनय कुमार चौधरी को प्रत्याशी बनाया है जबकि महागठबंधन से यह सीट कांग्रेस के खाते में गयी है जन प्रतिनिधियों के निर्वाचन क्षेत्र बदलने का नफा नुकसान क्या होगा ये तो चुनाव परिणाम आने के बाद ही पता चल पायेगा

चुनाव आयोग के अनुसार अब तक तेईस करोड़ से अधिक की राशि बरामद की गयी है साथ ही अड़तालीस क्विंटल गांजा और एक क्विंटल से अधिक चरस बरामद किये गये हैं वहीं लगभग नवासी लाख नेपाली रूपये के साथ दो सौ पचहत्तर किलोग्राम चांदी डेढ़ किलोग्राम हेरोईन सौ और एक सौ पचास ग्राम ब्राउन सुगर बरामद किये गये हैं और अब इसी श्रृंखला में सुनते हैं सीतामढ़ी जिले में चुनावी परिदृश्य के बारे में हमारे संवाददाता से

इस चरण में रुन्नी सैदपुर बेलसंड और सीतामढी निर्वाचन क्षेत्रों में वोट डाले जायेंगे

रुन्नी सैदपुर की सीट राष्ट्रीय जनता दल ने मौजूदा विधायक मंगिता देवी को फिर से मौका दिया है वहीं जनता दल यूनाइटेड ने यहां से पंकज कुमार मिश्रा को प्रत्याशी बनाया है दो बार विधायक रही गुड्डी देवी इस बार जनता दल यूनाइटेड से टिकट नहीं पा सकी हैं वे लोक जनशक्ति पार्टी के टिकट पर चुनावी मैदान में उतरी हैं

बेलसंड के चुनावी रण क्षेत्र में आरपीआई लोक जनशक्ति पार्टी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी और जन अधिकार पार्टी के उतरने से मुकाबला बहुकोणीय हो गया है

जनता दल यूनाइटेड से मौजूदा विधायक सुनीता सिंह चौहान फिर मुकाबले में हैं वहीं राष्ट्रीय जनता दल ने पूर्व विधायक संजय कुमार गुप्ता को चुनावी मैदान में उतारा है पिछले चुनाव में दूसरे स्थान पर रहे मोहम्मद नासिर अहमद को लोक जनशक्ति पार्टी ने फिर से चुनावी मैदान में उतारा है

राष्ट्रीय जनता दल के सुनील कुमार ने पिछले चुनाव में सुनील कुमार पिंटू को हराकर चुनाव जीता था श्री पिंटू पिछले लोक सभा चुनाव में भाजपा छोडकर जदयू में शामिल हो गये राजद के सुनील कुमार के मुकाबले में भाजपा ने मिथिलेश कुमार को उतारा है वहीं बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार भी इस सीट से चुनाव लड रहे हैं आकाशवाणी समाचार के लिए सीतामढ़ी से राजेश कुमार मध्रबनी जिले के पांच विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में चुनावी समीकरणों के बारे में हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट बाईट अमरनाथ आनंद मधूबनी विधान सभा चुनाव के दूसरे चरण में तीन नवंबर को जिले की चार सीटों पर वोट डाले जायेंगे मधुबनी राजनगर झंझारपुर और फुलपरास में चुनावी रणक्षेत्र में विभिन्न दलों के योद्वा उतर चुके हैं मधुबनी सीट से चार बार के विधायक रहे रामदेव महतो को इस दफा भाजपा से मायूसी मिली क्योंकि चुनावी गठबंधन में विकासशील इंसान पार्टी की झोली में यह सीट चली गयी अब रामदेव महतो निर्दलीय ही एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार के खिलाफ उतर गये हैं पिछली बार उन्हे पराजित कर विधानसभा पहुंचने वाले समीर कुमार महासेठ फिर से राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार है वहीं विकासशील इंसान पार्टी ने सुमन कुमार महासेठ को चुनावी मैदान में उतारा है इस बार के चुनाव में झंझारपुर पर भी सबकी निगाहें रहेंगी

पिछली बार वे राष्ट्रीय जनता दल के गुलाब यादव से चुनाव हार गये थे झंझारपुर की सीट इस बार सीपीआई के खाते में चली गयी है जिसके बाद मौजूदा विधायक गुलाब यादव को दोबारा मौका नहीं मिला सीपीआई से अब रामनारायण यादव महागठबंधन के उम्मीदवार हैं इधर पूर्व सांसद वीरेंद्र कुमार चौधरी भी अपनी पार्टी भाजपा से झंझारपुर का टिकट मिलने की आस लगाये थे लेकिन निराशा हाथ लगने पर वे राष्ट्रीय लोक समता पार्टी से चुनाव लड रहे हैं मौजूदा विधायकों के टिकट कटने का क्रम फुलपरास में भी जारी रहा है मौजूदा विधायक गुलजार देवी को जनता दल यूनाइटेड ने मौका नहीं दिया और शीला कुमारी को यहां से प्रत्याशी बनाया अब गुलजार देवी भी निर्दलीय ही चुनाव लड रही हैं महागठबंधन ने यहां से कृपानाथ पाठक को प्रत्याशी बनाया है वहीं पूर्व विधान पार्षद विनोद कुमार सिंह लोक जनशक्ति पार्टी चुनावी मैदान में उतर गये हैं राजनगर में पिछले चुनाव के विजेता और उप विजेता दोनों फिर से आमने सामने हैं भाजपा के रामप्रीत पासवान के खिलाफ राष्ट्रीय जनता दल से राम अवतार पासवान चुनावी अखाड़े में हैं आकाशवाणी समाचार के लिए मधुबनी से अमरनाथ आनंद बिहार में कोविड संक्रमण से ठीक होने वालों का पंचानवे दशमलव छह आठ प्रतिशत हो गया है यह राष्ट्रीय औसत से चार दशमलव पांच पांच प्रतिशत अधिक है राज्य में संक्रमण के सक्रिय मामले लगातार घट रहे हैं इस समय विभिन्न अस्पतालों में आठ हजार दो सौ चौवन लोगों का इलाज चल रहा है पिछले चौबीस घंटों में एक हजार दो सौ चालीस लोग संक्रमण से ठीक हुए अब तक दो लाख छह हजार छह सौ पच्चीस लोग इस महामारी से ठीक हो चुके हैं

पत्र सूचना कार्यालय ने कहा है कि बैंकों ने ऐसा कोई फैसला नहीं किया है कार्यालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि इस तरह की खबरें बेबुनियाद हैं कि बैंक में जन धन खातों से नकदी निकालने पर सौ रूपये का शुल्क लगेगा

पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य जनसम्पर्क अधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि इन ट्रेनों में सहरसा पटना कटिहार पटना पटना भभुआ राजेन्द्र नगर जयनगर और राजेन्द्र नगर सहरसा स्पेशल ट्रेन शामिल हैं

जिस स्टेशन से रेलगाड़ी का परिचालन शुरू हो उस स्टेशन पर महिला पुलिस सहायक निरीक्षक और आरक्षी दल को तैनात रहेगी जो गाड़ी में अकेले यात्रा कर रही महिलाओं की पहचान करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि उन्हें यात्रा के दौरान कोई परेशानी न हो प्रत्येक रेल मंडल में भी ऐसी टीम बनाई गई है जो मौके पर जाकर महिला यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी देश भर में आज पैगम्बर इस्लाम हजरत मोहम्मद साहब का जन्मदिन ईद ए मिलाद्र्न्नबी श्रद्धा के साथ मनायी जा रही है प्रदेश के राज्यपाल फागू चौहान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस अवसर पर लोगों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं

मिथिलांचल क्षेत्र में इस दिन को कोजागरा पर्व के रूप में मनाया जाता है घर घर में लक्ष्मी पूजा कर रात्रि जागरण किया जाता है रात में कौड़ी से पचीसी खेलने की परंपरा भी है इस दिन इस क्षेत्र में पान और मखान विशेष रुप से खाने की परंपरा है और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर विधानसभा चूनाव के दूसरे चरण का प्रचार जोरों पर

अड़तालीस क्विंटल गांजा और एक क्विंटल से अधिक चरस बरामद

संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार हो रही है कमी